सदन की कार्यवाही शुरू होने पर विपक्षी विधायकों ने कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी की कथित अमर्यादित टिप्पणी की मांग को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी विधानसमा अध्यक्ष ने हंगामा कर रहे विपक्षी विधायकों को समझाते हुए कहा कि सदन के बाहर की गयी टिप्पणी पर सदन के अंदर चर्चा नहीं हो सकती है लेकिन विपक्षी सदस्यों के शोर शराबे को देखते हुए सदन की कार्यवाही को भोजनावकाश दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी गयी दोपहर बाद वित्तीय वर्ष दो हजार बीस इक्कीस के आय व्ययक पर सामान्य वाद विवाद और सरकार का उत्तर होगा

भारत में कोरोना वायरस के खतरे से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी स्वयं इसकी तैयारियों की देखरेख कर रहे हैं इधर सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा कि प्रधानमंत्री इस संक्रमण से उत्पन्न स्थिति की लगातार जानकारी ले रहे हैं प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव और कैबिनेट सचिव सभी राज्यों और केन्द्ररशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों तथा अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंस के जरिए बैठकें कर रहे हैं स्वास्थ्य मंत्रालय भी स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है देश के विभिन्न हिस्सों में इस संक्रमण की रोकथाम के लिए अलग वार्ड बनाए जा रहे हैं

पडोसी देशों से लगे सीमावर्ती क्षेत्रों के गांव में भी सतर्कता बरती जा श्री जावड़ेकर ने कहा कि प्रणे स्थित विषाणू विज्ञान प्रयोगशाला के अलावा देश के अलग अलग रही है

श्री जावडेकर ने कहा कि यात्रा से संबंधित दिशा निर्देश भी जारी किये गये हैं इस संक्रमण को लेकर देशभर में जागरूकता अभियान चलाये जा रहे हैं स्कूलों कॉलेजों और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर संक्रमण से बचने के एहतियाती उपायों के बारे में लोगों को बताया जा रहा है

छह हजार दो सौ प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केन्द्रों के माध्यम से यह आयोजन किया गया है लोगों को स्वास्थ्य और साफ सफाई के बारे में जागरूक बनाने के लिए विभिन्नि गतिविधियां चलाई जा रही है इस सप्ताह के चौथे दिन कल महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सुविधा से सम्मान थीम के साथ कार्यक्रम आयोजित किया गया

केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय प्रसार और परामर्श कार्यशाला में स्वच्छ भारत ग्रामीण मिशन के दूसरे चरण की शुरुआत की इस चरण में एक लाख चालीस हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि खर्च की जाएगी इस चार वर्षीय चरण को आगामी एक अप्रैल से लागू किया जाएगा

मीडिया से बातचीत में केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि कम्पनी अधिनियम में बेहत्तर बदलाव किए गए हैं उन्होंने कहा कि नए विधेयक में तेईस अपराधों का फिर से वर्गीकरण किया गया है

झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा सातवीं जेपीएससी परीक्षा में आरक्षण के मामलों को लेकर तीन सदस्यीय कमिटी का गठन किया गया है समिति में विकास आयुक्त सुखदेव सिंह अध्यक्ष बनाये गये है जबकि अपर मुख्य सचिव केके खंडेलवाल और कार्मिक सचिव अजय कुमार सिंह को सदस्य बनाया गया है

इस सिलसिल में आज रांची स्थित भारतीय प्रबंधन संस्थान आईआईएम परिसर में आकाशवाणी दूरदर्शन और पीआईबी की ओर से महिला सशक्तिकरण विषय पर राउंड टेबल परिचर्चा का आयोजन दोपहर बाद तीन से चार बजे तक किया गया है अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर शी इंस्पायर्स अस कैंपन के तहत बोकारो की तेजाब पीड़िता सोनाली मुखर्जी ने लगातार संघर्ष कर जीवन में काफी बदलाव लाया है

वर्ष दो हजार तीन की हृदयविदारक घटना के बाद आज सोनाली अपने लड़ने के जज्बे के साथ देश के सामने एक मिसाल बनकर खड़ी है

आज सिडनी में भारत और इंग्लैंड के बीच सेमीफाइनल मैच बारिश के कारण रद्द हो गया इसर्के बाद भारतीय टीम के अपने ग्रूप में शीर्ष पर रहने के कारण इसे फाइनल में जगह मिल गई भारत पहली बार ट्रनमिंट के खिताबी मुकाबले में पहुंचा है द्सरा सेमीफाइनल दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्र्रलिया के बीच आज दोपहर डेढ बजे से ॅसिडनी में ही खेला जाएगा

उदघाटन समारोह को संबोधित करते हुये कंपनी के उपाध्यक्ष चाणक्य चौधरी ने बताया कि हॉर्को मैच में जूनियर एवं सब जूनियर बालक वर्ग के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं उन्होंने बताया कहा कि इस ट्रनामेंट से जहा खिलाड़ियों के खेल में निखार आएगी वही मेडल भी जीतकर लाना इस दूनमिंट का उद्देश्य है